इसके साथ ही रिवर्स रेपो दर भी घटाकर चार दशमलव नौ और बैंक दर पांच दशमलव चार प्रतिशत कर दी गई है

बैंक की ओर से कहा गया है कि इन फैसलों का उद्देश्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को चार प्रतिशत के स्तर पर बनाये रखना है ताकि अर्थव्यवस्था की वृद्वि दर बनी रहे लेकिन इसमें दो प्रतिशत की कमी या बढ़त की संभावना हो सकती है रेपो दर में कमी का उद्देश्य आवास और वाहन ऋण की दरों में कमी लाना है तेजस लखनऊ और दिल्ली के बीच देश की सबसे तेजगति वाली ट्रेन तेजस एक्सप्रेस आज से चलने लगी है यह पहली कार्पोरेट ट्रेन भी है इसका संचालन आईआरसीटीसी द्वारा किया जा रहा है इस ट्रेन से छह घंटे में यात्रा पूरी होगी उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे हरी झण्डी दिखाकर आज रवाना किया आईआरसीटीसी ने सेवा मानकों आरक्षण टिकट रद्द करने धन वापसी यात्रा बीमा के संबंध में कई पहल की है इसमें एक घंटे की देरी पर सौ रुपये और दो घंटे की देरी पर दो सौ रुपये यात्रियों को मुआवजा दिया जाएगा

कमलनाथ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों का विकास प्रभावित हो रहा है उन्होंने कहा कि राज्यों के लिए केन्द्र प्रोत्साहन देने की भूमिका निभाए और केन्द्रीय योजनाओं में राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाए श्री नाथ कल नई दिल्ली में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और भारतीय उद्योग परिसंघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे चर्चा में पंजाब के मुख्यमंत्री तथा मेघालय तेलंगाना और आंध्रप्रदेश के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया खाद बीज सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने किसानों के लिए खाद बीज और कीटनाशक की उपलब्यता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं डॉक्टर सिंह ने कल भोपाल में जिला योजना समिति की बैठक में कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें उद्यानिकी फसलें लेने के लिए प्रेरित करें हर विकासखण्ड में कम से कम दो उद्यानिकी फसलें विभागीय स्तर पर ली जायें जिससे किसानों को प्रेरणा मिल सके उन्होंने बिजली संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए गठित समितियों की नियमित बैठकें आयोजित करने को कहा डॉक्टर सिंह ने अति वर्षा से प्रभावित फसलों का सर्वे जल्द पूरा कराने के निर्देश भी दिए नवरात्रि प्रदेश में नवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास परंपरागत और श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है सतना से हमारे संवाददाता ने बताया है जिले के मैहर में अब तक छह लाख से अधिक श्रद्वालु मां शारदा देवी के दर्शन कर चुके हैं उधर धार में कल चुनरी कलशयात्रा निकाली गई पांच किलोमीटर लंबी इस यात्रा में सभी धर्मों के लोगों ने बढ चढकर हिस्सा लिया वन मंत्री उमंग सिंघार और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी भी चुनरी यात्रा में शामिल हुए वहीं सागर में स्वच्छता और पॉलिथिन से मुक्ति का संदेश देने वाली झॉकी लगाई गई है यहां आने वाले लोगों को कपड़े के थैले बांटे जा रहे हैँ इधर भोपाल में मुस्लिम समुदाय द्वारा करोंद दशहरा मैदान की साफ सफाई की गई रोबो जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया की पहली रोबो नागरिक सोफिया ने आज इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में अपनी बात रखी सोफिया ने कहा कि इस मुददे पर सभी सरकारों को अपनी नीति और सोच में बदलाव लाने की जरूरत है एक निजी स्कूल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पचपन देशों के छात्र शामिल हुए

इसके साथ ही अब मृतकों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है नीमच जिले में अतिवृष्टि के बाद जलस्रोतों के शुद्धिकरण का कार्य किया जा रहा है